मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है

समिति ने बाल कल्याण पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं के नामों को भी अंतिम रूप दिया है टीकरकरण स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों और कर्मचारियों से मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाने को कहा है उन्होंने इंदौर में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि बच्चों में ही देश का भविष्य निहित है इस भविष्य को निरोग और सशक्त बनाने के लिये समाज का हर तबका टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी निभाये श्री सिलावट ने कहा कि इस अभियान को हमें चुनौती के रूप में संचालित करना होगा यह कोशिश करनी होगी कि हर बच्चे का टीकाकरण हो श्री सिलावट ने बीमारी उन्मूलन के लिये सभी को संकल्प दिलाया और टीका लगवाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किये श्री सिलावट कल टीकाकरण अभियान के सिलसिले में इंदौर के मदरसों और स्कूलों में पहुँचे उधर देवास में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा गुना जिले में श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ग्वालियर जिले में पश्रपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया धान खरीदी खादय नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रदयुम्न सिंह तोमर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिये तय केन्द्रो की व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त बनाने के निर्देश दिये हैं

अब कई जिलों के लिये धान खरीदी की तारीख बढ़ायी गयी है

सिंचाई बिजली ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने राजगढ़ में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिये हैं कि कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं हो और विद्युत विभाग लंबित कार्य समय सीमा में पूर्ण करें

श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बंद पड़े और जले ट्रांसफार्मर शीघ्र बदलें जाएं उन्होंने कहा है कि विद्युतीकरण के कार्यो में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

पश्चिम रेलवे नो बिल नो पे पश्चिम रेलवे ने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत यदि किसी यात्री को समुचित बिल के बिना कोई खान पान उपलब्ध कराया जाता है तो उसे इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए पश्चिम रेलवे ने कल बिल नहीं तो भूगतान नहीं दिवस मनाया छह डिविजनों के कई रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा कर यात्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई मुम्बई में जारी पश्चिम रेलवे की विज्ञप्ति में बताया गया है कि नो बिल नो पेमेंट की इस नीति से रेल यात्रियों से खान पान के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूलने को रोका जा सकेगा

परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक सेवा आयोग ने प्रत्येक शहर के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर लाइव वेब फीडिंग की व्यवस्था की है समस्त परीक्षा केन्द्रों की सीधे मॉनीटरिंग आयोग कार्यालय के नियंत्रण कक्ष से की जायेगी मतदाता जागरूकता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी सरकारी गैर सरकारी और व्यावसायिक कार्यालयों में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिये जागरूकता फोरम का गठन किया जाये इस संबंध में कल भोपाल में मतदाता जागरूकता फोरम की औपचारिक शुरूआत करते हुए कांताराव ने कहा कि यह फोरम मतदाता सूची में पंजीयन के अलावा मतदान संबंधी गतिविधियों और उनकी मूलभूत प्रकियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये काम करेगा इसके लिये समय समय पर कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाये वहीं शिवपुरी में भी कल माधौवराव सिंधिया स्नाकोत्तर महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

उन्होंने युवाओं से अपने अलावा अपने आसपास के लोगों को भी मतदान और मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए जानकारी देने को कहा एड्स कार्यशाला सिवनी के शासकीय कन्या महाविद्यालय में कल एड्स जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई इसमें काउंसलर द्वारा एड्स बीमारी के बारे में विस्तार से छात्राओं को बताया गया उन्हें रोग से बचाओं के उपायों की भी जानकारी दी गई इस अवसर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया नर्मदा आरती विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति कल नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट पर नर्मदा जी की महा आरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की श्री प्रजापति के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस अवसर पर मौजूद थे श्री प्रजापति आज नरसिंहपुर से जबलपुर जायेंगे

बालिका वर्ग की व्यक्तिगत स्किट स्पर्धा में पूजा को ये उपलब्धि हासिल हुई इस स्पर्धा में राजस्थान पहले पंजाब दूसरे और मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर रहा पूजा राज्य निशानेबाजी अकादमी की खिलाड़ी रही हैं

पीएनबी के अलावा पटियाला बैंगलूरू और नामधारी इलेवन की टीमें अपने अपने क्वाटर फायनल मैच जीतकर सेमिफायनल में पहॅच गयी हैं

इसके बाद अन्य तहसीलों में भी इस महीने और अगले महीने इस तरह के शिविर आयोजित होंगे

वहीं सहायक यंत्री को नोटिस जारी किया है